प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को सम्बोधित करेंगे अधिवेशन में प्रधानमंत्री समेत उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी सांसद और वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल रामलीला मैदान में दो दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरी और शिक्षा में दस प्रतिशत आरक्षण के विधेयक से करोड़ों यूवाओं को लाभ होगा श्री शाह ने विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन को मुगमरीचिका करार दिया और कहा कि केन्द्र में भाजपा के वापस आने में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा

गठबंधन गठबंधन गठबंधन क्या है गठबंधन मैं आपको बताना चाहता हूं ये गठबंधन ढकोसला है कुछ नहीं

आज फिर से एक बार हराने का समय है राममंदिर के बारे में अमित शाह ने कहा कि भाजपा ऐसे प्रयास कर रही है जिससे उच्चतम न्यायालय में मामला जल्द से जल्द निपट जाए

भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मनदिर का निर्माण हो उसमें कोई दुविधा नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मन्दिर का निर्माण होगा श्री शाह ने कांग्रेस पर इस मामले के शीघ्र निपटान के रास्ते में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड क्रोडिट कार्ड प्रीपेड ट्रांजेक्शन उपकरणों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिये टोकन सुविधा देने की अनुमति दे दी है आरबीआई के आठ जनवरी को जारी दिशा निर्देश से उपभोक्ताओं को भुगतान प्रक्रिया में अपने कार्ड का मूल नम्बर देने की जरूरत नहीं रहेगी दिशा निर्देश के बाद मास्टर कार्ड और वीसा जैसे प्रमुख कार्ड नेटवर्क्स अब कार्ड पर टोकन की सुविधा दे सकेंगे इसके लिये कार्ड धारक को टोकन सुविधा उपलब्ध कराने वाले एप पर अपने कार्ड को पंजीकृत कराना होगा

राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी नियुक्त करने की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरी करने का निर्देश दिया है उन्होंने गेस्ट फैकल्टी के चयन में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने को कहा है पटना में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कूल सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में कुलाधिपति ने कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण किसी भी विश्वविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिये कुलाधिपति ने अगले शैक्षणिक सत्र से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश भी दिया वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में सत्रह जनवरी से बजट पूर्व समीक्षा बैठक शुरू होगी इसके तहत पहली बार महिला स्वास्थ्य सेक्टर को शामिल किया जायेगा बजट पूर्व समीक्षा बैठक में नये वित्तीय वर्ष के बजट के संबंध में लोगों से राय ली जायेगी सत्रह जनवरी को होने वाली पहली बैठक में पंचायती राज और नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बजट को लेकर रायशुमारी होगी पुलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी ने वरीय पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रतिदिन शाम को एक थाने का निरीक्षण करें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि थानों में लंबित कांडों और उनकी जांच प्रक्रिया लगातार समीक्षा करें डीजीपी ने पुलिस पदाधिकारियों को अपराध की घटनाओं को नियंत्रित करने का निर्देश दिया पुणे में आयोजित की जा रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है तुषार सेतु और राहुल कुमार ने युगल स्पर्धा में तमिलनाडु की जोड़ी को सीधे सेटो में इक्कीस पंद्रह इक्कीस सत्रह से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है शिलांग में खेली गयी सीके नायडू क्रिकेट चैंपियनशिप में बिहार ने मेघालय को एक सौ इक्यानवे रनों से हरा दिया इस टूर्नामेंट में बिहार ने आठ मैचों में पांच में जीत दर्ज की इधर कूच विहार ट्रॉफी के अंतर्गत नागालैंड और पुड्चेरी के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिये बिहार टीम में चार परिवर्तन किये गये हैं शब्बीर खान शिवम कुमार मितुल कुमार और एजाज अंसारी को टीम में शामिल किया गया है इक्कीस जनवरी से बक्सर में बिहार फुटबॉल संघ की ओर से उनसठवीं एसएम मोइनुलहक फूटबॉल चंपियनशिप का आयोजन किया जायेगा राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में चालीस टीमें भाग लेंगी गुरू गोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ बावनवां प्रकाश पर्व पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है तीन दिवसीय प्रकाशोत्सव के क्रम में आज दोपहर पटना सिटी के गायघाट से भव्य नगर कीर्तन निकलेगा जो अशोक राजपथ होते हुए रात में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचेगा कल दिवान साहेब में दशमेश गुरू के जन्म का मुख्य समारोह होगा प्रकाशोत्सव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं प्रकाशोत्सव के मद्देनजर चौदह जनवरी की रात बारह बजे तक पटनासिटी में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है स्वामी विवेकानंद की एक सौ पचपनवीं जयंती के अवसर पर आज देश प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है स्वामी जी का जन्म दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है राज्य में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने के लिये राज्य और जिला स्तर पर कमिटियों का गठन किया जायेगा गृह विभाग के स्तर पर इस मामले का अनुमोदन हो गया है

राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी है पटना गया भागलपुर पूर्णिया समेत अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान समान्य से एक डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया चार दशमलव छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा हालांकि दिन में ध्रप निकलने से अधिकतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गयी जिसके कारण ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले तीन चार दिनों तक मौसम में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है इधर बढ़ती ठंड के कारण आम जन जीवन प्रभावित है पछुआ हवा के सर्द थपेड़ों के कारण सुबह और शाम बाहर निकलने से लोग बच रहे हैं मकर संक्रांति के मौके पर पटना जिले में गंगा नदी में प्राईवेट नावों का परिचालन नहीं होगा प्रशासन ने इस संबंध में ओदश जारी कर दिया है

हिन्दुस्तान ने सीबीआई के निदेशक पद से हटाये गये आलोक वर्मा के इस्तीफे की खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है आलोक वर्मा ने नौकरी छोड़ी कहा फर्जी फंसाया दैनिक जागरण ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अखबार ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पानीपत की लड़ाई जैसा अहम है लोकसभा चुनाव प्रभाात खबर ने शिक्षा से जुड़ी अपनी विशेष खबर का र्शीर्षक लगाया है रेगुलर पढ़ाई और परीक्षा में राज्य के अधिकतर यूनिवर्सिटी फेल

इसके साथ ही अखबार ने फर्जीवाड़े से जुड़े एक खबर का शीर्षक बनाया है बिना व्यापार किये जीएसटी में दो सौ चौदह करोड़ की हेराफेरी